ये जिले हैं बिलासपुर जांजगीर चांपा गरियाबंद महासमुंद सरगुजा और सूरजपुर इस तरह अब तक प्रदेश के सत्रह जिलों में सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं जशपुर कोरिया और बलौदाबाजार जिले में आज से लॉकडाउन लागू हो गया है जबकि धमतरी और कोरबा जिले में कल बारह अप्रैल से तो वहीं रायगढ़ जिले में चौदह अप्रैल से लॉकडाउन लगेगा रायपुर दुर्ग राजनांदगांव बेमेतरा और बालोद जिले में लॉकडाउन पहले से ही प्रभावी है आज विभिन्न जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार बिलासपुर जिले में चौदह से इक्कीस अप्रैल तक तो वहीं जांजगीर चांपा जिले में तेरह अप्रैल की शाम छह बजे से तेईस अप्रैल की रात बारह बजे तक लॉकडाउन लगाया जाएगा गरियाबंद जिले में भी तेरह से तेईस अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है वहीं महासमुंद जिले में चौदह अप्रैल की सुबह छह बजे से बाईस अप्रैल की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा इधर सरगुजा और सूरजपुर जिले में भी तेरह अप्रैल से तेईस अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है

इसके साथ ही राज्य में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या चार लाख तैंतीस हजार से ज्यादा हो गई है राज्य में फिलहाल इस समय छियासी हजार कोविड मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है

मौतों की संख्या इस तेजी से बढ़ रही है कि शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान घाट में लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है रायपुर और दुर्ग जिलों में इस स्थिति को देखते हुए कुछ और श्मशान घाट बनाने पर विचार किया जा रहा है

अनेक जिलों में अस्पतालों में खाली बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं

विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर इस बीच कोरोना संक्रमित लोगों के विभिन्न स्तरों पर उपचार के लिए प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या छह हजार नौ सौ छिहत्तर हो गई है इसे बढ़ाकर अब उन्नीस हजार चार सौ बहत्तर किया जाना प्रस्तावित है

वहीं दुर्ग जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है इस बीच पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनें हाथों को बार बार धोएं और दो गज की दूरी बनाए रखें

इसके तहत रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन से यात्रियों के उतरने से पूर्व बहत्तर घंटे के भीतर कराए गए कोरोना जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा कोरोना जांच के संबंध में सभी रेलवे स्टेशनों में व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है दिशा निर्देश के मुताबिक छत्तीसगढ़ आने वाली ट्रेनों के सभी यात्रियों की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी ऐसे यात्री जिनके पास निर्धारित समयावधि की कोरोना जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी उसकी कोरोना जांच रेलवे स्टेशन पर ही की जाएगी रिपोर्ट पॉजीटिव आने पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार संस्थागत् क्वारेंटाइन कोविड केयर सेंटर या अस्पताल में रखा जाएगा इस बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ में उत्पादित होने वाली ऑक्सीजन का अस्सी प्रतिशत अब मेडिकल ऑक्सीजन गैस के रूप में राज्य के अस्पतालों को प्रदान किया जाएगा इसके अलावा राज्य शासन ने प्रदेश में रेमडेसिविर और अन्य आवश्यक दवाओं तथा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के दो वरिष्ठ अधिकारियों को मुंबई और हैदराबाद में तैनात किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष से चर्चा कर उनसे अन्य राज्यों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति बढ़ाने को कहा है केंद्रीय टीम दौरा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में भेजी गई टीमों ने यह पाया है कि रायपुर और जशपुर जिलों में कंटेनमेंट जोन में निर्धारित मापदंडों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है इसके अलावा कोरबा दुर्ग और बालोद जिलों में आरटी पीसीआर जांच सुविधा के अभाव या कमी की वजह से जांच में काफी ज्यादा समय लग रहा है केंद्रीय दल ने सुझाव दिया है कि छत्तीसगढ़ को मोबाइल जांच लैब के जरिये आरटी पीसीआर टेस्ट सुविधा को बढ़ाना चाहिए केंद्रीय दल ने यह भी पाया कि दुर्ग जिले में पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस की उपलब्धता न होने के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी काफी परेशानी हो रही है यह भी निष्कर्ष निकला है कि रायपुर बालोद दुर्ग और महासमुंद जिलों के अस्पतालों में मरीजों की भर्ती दर काफी ज्यादा है इन जिलों में प्रशासन को अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अन्य व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए कुछ जिलों में रेमडेसिविर की कमी भी पाई गई है रायपुर जिले में टीम ने ऑक्सीजन की सीमित उपलब्धता को भी नोट किया है इसके अलावा दुर्ग जशपुर और राजनांदगांव जिलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी भी देखी गई है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य शासन को लिखे अपने पत्र में इन कमियों को दूर करने के लिए कहा है ताकि बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक प्रभावित ग्यारह जिलों में केंद्रीय टीम तैनात की है

इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाना है आज समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर शुरू हुआ टीका उत्सव भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती चौदह अप्रैल को सम्पन्न होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में चार दिन के विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए सभी देशवासियों से चार सिद्धांतों का पालन करने की अपील की है श्री मोदी ने व्यक्तिगत और सामाजिक साफ सफाई रखने की जरूरत पर जोर देते हुए इन चार सिद्धांतों पर बल दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि टीका उत्सव कोरोना महामारी के खिलाफ दूसरे बड़े युद्ध की शुरूआत है उन्होंने आग्रह किया कि कोविड टीको की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जिनकी पात्रता है वे टीका अवश्य लगवाएं प्रधानमंत्री ने परिवार में सभी को टीका लगवाने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं से संभालने की अपील की इस बीच विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान में भारत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के करीब है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पचयासी दिन के रिकॉर्ड समय में करीब दस करोड़ सोलह लाख टीके लगाए जा चुके हैं इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण अभियान जोरशोर से जारी है कल एक लाख इंक्यानवे हजार से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया गया डी पुरंदेश्वरी कोविड समीक्षा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने पार्टी के सांसदों विधायकों और पदाधिकारियों को छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते बिगड़ते हालात पर सतत् नजर रखने और आम लोगों की पर्याप्त सहायता करने को कहा है श्रीमती पुरंदेश्वरी ने आज वर्चुअल बैठक के जरिये प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे स्थिति में पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आम जनता के संपर्क में रहकर उनकी परेशानियों के निराकरण में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना चाहिए लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रसारित मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की सत्रहवीं कड़ी में कहा कि छत्तीसगढ़ का बजट न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाने वाला है इसमें कोरोना काल के सबक ग्लोबल इंसानियत और लोकल संसाधनों से स्थानीय लोगों के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है मुख्यमंत्री ने नया बजट नये लक्ष्य विषय पर श्रोताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष सभी वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए संयम धीरज सावधानी और कड़े सुरक्षा उपायों की जरूरत है सावधानी बरतने में कोताही करने से न सिर्फ व्यक्ति बल्कि उसका परिवार और उसके संपर्क में आने वाले अनेक लोग संक्रमण का शिकार हो जाते हैं उन्होंने लोगों से अपील की है कि जितना संभव हो घर पर ही रहें कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण एक सुरक्षित उपाय है और पात्रतानुसार सभी को टीका लगवाना चाहिए माओवादी मुठभेड़ दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र के गादम और जंगमपाल के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने घटना की पुष्टि करते हए बताया कि मृत माओवादी का शव बरामद कर लिया गया है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 घटनास्थल से एक भरमार बंदूक एक पिस्टल दो किलो का आईईडी और अन्य सामान बरामद किया गया है वहीं बीजापुर जिले के नैमेड थाना क्षेत्र में माओवादियों ने वाटर फिल्टर प्लांट के निर्माण कार्य में लगे दो वाहनों में आग लगा दी उधर छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है यह माओवादी राजनांदगांव के सीमावर्ती और उत्तर गढ़चिरौली क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय था किशोर कवडे नाम का यह माओवादी मुठभेड़ में घायल होने के बाद एक गांव में छिपा हुआ था मौसम मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में बिलासपुर से एक सौ बाईस किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में भूंकप के झटके महसूस किए गए इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर तीन दशमलव सात मापी गई है

मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पश्चिम मध्यप्रदेश और उसके आसपास स्थित है